इन संसदीय क्षेत्रों में आज प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने में प्ररी ताकत झोंक दी

प्रचार समाप्त होने से ठीक पहले भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों की बढत का दावा किया

विपक्ष के महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि इन दलों ने हार के डर से ईवीएम का बहाना ढूंढना शुरू कर दिया है

उन्होंने कहा कि यह बढ़त पांचवें चरण में भी जारी रहेगी श्री चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस ने पूरा होमवर्क कर न्याय योजना को घोषणा पत्र में शामिल किया है

उन्होंने कहा कि इस हिसाब से इस योजना पर जीडीपी की महज एक प्रतिशत राशि खर्च होगी

चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव मुद्दों पर आधारित होना चाहिये देश में बेरोजगारी और किसानों का बडा मुद्दा है उन्होंने कहा कि सेना के शोर्य के पीछे मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है

इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है और आम जनता में श्री मोदी के प्रति विश्वास कायम है उन्होंने दावा किया कि देश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाएगी

निर्वाचन विभाग की ओर से बताया गया है कि अब राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा करने जुलूस निकालने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार पर पूरी तरह रोक रहेगी

यह शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में कल सुबह साढे ग्यारह बजे आयोजित किया जाएगा

इस महोत्सव में फ्रांस जर्मनी अमेरिका सहित विभिन्न देशों और भारत के विभिन्न प्रांतों की शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया गया

झालावाड़ में दोपहर बाद तेज आंधी आई

उधर नागौर ब्रंदी और ड्रंगरपुर में भी आंधी से लोगों को परेशानी हुई बाद में ब्रंदी और ड्रंगरपुर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई

इस बीच प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का असर तेज रहा